खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेलों के क्षेत्र में काफी संभावनाये हैं

मिशन के माध्यम से महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराध के विरूद्ध विश्वसनीय जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को संवेदनशील बनाना जागरूकता के लिये मीडिया अभियान और अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसार को रोकना इस मिशन का उद्देश्य है केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिये विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन को भी मंजूरी दे दी है

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है इसी कड़ी में सरकार ने इस साल के अंत तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन और अगले साल तक कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है

जिस पर विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में एक ही जगह जानकारी मिल सकेगी विज्ञान और प्रोघोगिकी विमाग के सचिव ने बताया कि यह पोर्टल भारत के विज्ञान और प्रोघोगिकी का सम्पूर्ण मानचित्र होगा इस पर विज्ञान और प्रोघोगिकी से जूड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी उन्होंने बताया कि यह शैक्षणिक पोर्टल नही होगा लेकिन विज्ञान के किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकेगी उन्होंने बताया कि विज्ञान और प्रोघोगिकी पर एक ऑनलाईन डिजिटल टीवी शुरू किया जायेगा जो ऑनलाईन चैनल के अलावा दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर भी प्रसारित किया जायेगा

फुटबाल के प्रति रूचि रखने वालों की संख्या में काफी बढोतरी हुई है

पंचकला के प्रणब गोयल ने पहला स्थान हासिल किया कोटा के साहिल जैन और दिल्ली के कैलाश गुप्ता दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे बालिकाओं में कोटा की मीनल पारेख शीर्ष स्थान पर रहीं इस साल डेढ लाख छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था

शिक्षा मंत्री इसके साथ ही बोर्ड प्रवेशिका ओर माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित करेगें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्री रिवीजन एक्टीविटी के अंतर्गत यह अभियान एक से पन्द्रह जून तक चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य में कहीं भी फर्जी मतदाता होने की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है

इसके बाद सबल अभियान चलाकर मी छूट गये मतदाताओं के नाम जोड़े गए और अब दूसरे पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे

जिला स्टेडियम में हुई हुंकार सभा में उन्होने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी आम जनता की परेशानियों पर आवाज उठाने में विफल रही है

शेखावाटी और हाड़ौती क्षेत्र में भी वर्षा से मौसम खूशनुमा हो गया

नागौर में आज तेज गर्मी का असर रहा